प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का डेढ़ गुना दाम देने के सरकार के फैसले पर प्रसन्नता जताई है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों से किया अपना वादा पूरा कर दिया है उन्होंने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को ऐतिहासिक बताते हुए किसानों को बधाई दी प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों और कृषि के विकास के लिए जो भी कदम आवश्यक होंगे सरकार उन्हें उठाने को वचनबद्ध है वहीं केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन ने कहा है कि खासतौर पर छोटे और मझोले किसानों को समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि पार्टी प्रदेश में चौथी बार भी सरकार बनायेगी आज शिवपुरी में पत्रकारों से चर्चा में श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के विकास कार्यो को आधार बनाकर चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे

शिवपुरी में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेने के लिए आए सांसद राकेश सिंह ने कहा कि गुना संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पार्टी प्ररी ताकत से चुनाव लड़ेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी शिवपुरी जिले की पांचों विधानसभा सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आज शिवपुरी में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की इस बैठक में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा नगरीय विकास कार्यो का लोकार्पण शिलान्यास और अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया जायेगा

मतदाता प्रदेश में चल रहे दूसरे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा रहा है जानकारी के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर वोटर लिस्ट के प्रारूप के प्रकाशन के पहले की गतिविधियों की जानकारी दी है

सभी जिलों में बीएलओ के घर घर सर्वे के बाद वेण्डर द्वारा फार्म की डेटा एन्ट्री का कार्य किया जा चुका है

वेलनेस सेंटर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सिविल अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करेगा गंभीर बीमारियों का भी इलाज होगा साथ में आरोग्यम में हर्बल गार्डन और योगा भी शुरू किया जायेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर डॉ बीएन चौहान ने बताया है कि पांचों प्राइमरी हेल्थ सेंटर को विकसित किया जायेगा इसके लिये प्रदेश के पच्चीस सेंटरों का चयन किया गया पुरुस्कार संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेन्द्र पटवा ने मराठी कृतियों के लिये संस्कृति विभाग की मराठी साहित्य अकादमी द्वारा स्थापित पुरस्कारों की पहली बार घोषणा की है

मुख्यमंत्री ने कहा कि वानिकी विकास योजनाओं से जहाँ एक ओर हरियाली का विस्तार होगा वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर भी निर्मित होंगे श्री चौहान ने यह बातें हरियाली महोत्सव के तहत प्रदेशवासियों के नाम जारी अपने संदेश में कही हैं श्री चौहान ने कहा है कि मनुष्य का जीवन पर्यावरण में संतुलन पर निर्भर है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान जन सहयोग से व्यापक स्तर पर पौध रोपण किया गया श्री चौहान ने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से एक पौधा लगाने का संकल्प लेने की अपील की है उन्होंने उम्मीद जताई है कि कि हरियाली महोत्सव पौध रोपण के साथ पौधों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने में अवश्य सफल होगा दस्तक अभियान प्रदेश में बाल मृत्यु दर के प्रमुख कारणों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के सामुदायिक विस्तार के लिये दस्तक अभियान शुरू किया गया है यह अभियान स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से प्रदेशभर में चलाया जा रहा है

इस अभियान का उद्देश्य पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होने वाली बीमारियों की जांच कर उनका निदान किया जाना है जिससे बाल मृत्यु दर में कमी आ सके सरकार द्वारा स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के विस्तार के लिये साक्ष्य आधारित रणनीति पर विशेष बल दिया गया है

ग्रीष्मकालीन मूंग की दर कृषि उपज मंडियों में पिछले एक महीने की औसत दरों के आधार पर तय की गई है ग्रीष्मकालीन उड़द के लिये प्रोत्साहन राशि बिक्री अवधि के दौरान या बाद में निर्धारित की जायेगी

रोजगार प्रशिक्षण योजना प्रदेश में घुमक्कड़ और अर्द्वघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के शिक्षित युवाओं के लिये रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण योजना शुरु की गयी है योजना में रोजगार मूलक परीक्षाओं की तैयारी के लिये निःशुल्क परीक्षा से पहले प्रशिक्षण दिया जायेगा जनजाति राज्य मंत्री ललिता यादव ने बताया है कि प्रदेश के प्रमुख शिक्षा केन्द्रों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य इन जनजाति के शिक्षित युवाओं को नियोजन की मांग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है मौसम प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा हो रही है अगामी चौबीस घंटों के दौरान मौसम विभाग ने जबलपुर शहडोल सागर छतरपुर दमोह विदिशा रायसेन गुना अशोकनगर श्योपुर कलां होशंगाबाद उज्जैन सीहोर ग्वालियर और राजगढ़ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है इसके अलावा इंदौर और रीवा संभागों में बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने बताया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तीन चार दिनों में लो प्रेशर बनने का अनुमान है इस लिहाज से आठ से दस जुलाई के बीच अच्छी बारिश के आसार है हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया है कि आज दोपहर बाद तेज बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है वही गुना में भी बादल छाये हुये हैं किसानों को बारिश का इंतजार है